पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को अब स्कूलों से होम वर्क नहीं दिये जायेंगे

विधानमंडल का पांच दिन का शीतकालीन सत्र आज से शुरू गया दिवंगत विधायकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा इसके अलावा विधानसभा में आज बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधयेक दो हजार अठारह समेत पांच विधेयक सदन के पटल पर रखे गये इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार की विफलताओं के मुद्दों को सत्र के दौरान सदन में उठायेगी राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देगी इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के संबोधन से शीतकालीन सत्र की शुरूआत हुई उन्होंने कहा कि इस बार से सदन में ऑनलाईन प्रश्न पूछने की नई परंपरा की शुरूआत की गयी है और इससे सदन में सदस्यों द्वारा उठाये गये जनहित के प्रश्नों के निष्पादन की क्षमता बढ़ेगी श्री चौधरी ने सदन को सूचित किया कि बाईस सदस्यों ने ऑनलाईन सूचना प्रणाली के माध्यम से अल्प सूचित और तारंकित प्रश्न प्रछे हैं सभाध्यक्ष ने सदस्यों से अधिक से अधिक जनहित के विषय उठाने का अनुरोध किया और कार्यवाही के संचालन में सत्ता और विपक्ष दोनों से सहयोग की अपील की विधानसभा में दिवंगत पूर्व सदस्यों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गयी विधानसभा के पूर्व सदस्य भोला सिंह भीष्म नारायण सिंह रामदेव भंडारी अजीजूल हक और अन्य पूर्व सदस्यों के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इधर विधान परिषद का शीतकालीन सत्र भी उपसभापति हारूण रशीद के संबोधन के साथ श्रू हुआ श्री रशीद ने सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग की अपील की उन्होंने सदस्यों से अधिक से अधिक जनहित के मुद्दे पांच दिनों के इस सत्र के दौरान उठाने का अनुरोध किया परिषद में पूर्व सदस्यों को उनके निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी इसके बाद परिषद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने छोटा शीतकालीन सत्र बूलाये जाने को लेकर सरकार की आलोचना की उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है उनकी पार्टी सदन में इसे प्रमुखता से उठायेगी राजद की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सभी पक्षों की आपसी सहमति से होना चाहिए उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हये सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि चूनाव के समय ही राम मंदिर का मुददा राजनीतिक दलों को याद आता है और चूनाव समाप्त होने के बाद इसे भुला दिया जाता है लोक जन शक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए को लेकर रालोसपा को अपना रूख साफ करने को कहा है श्री पासवान ने एनडीए में रहकर गठबंधन दलों पर तंज कसने पर रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की कड़ी आलोचना की इधर श्री क्शवाहा ने एक बार फिर कहा कि एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे के बारे में भाजपा को तीस नवम्बर तक अंतिम फैसला ले लेना चाहिए श्री कुशवाहा ने कहा कि वे सीटों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत करेंगे इसके लिए उन्होंने सत्ताईस से तीस नवम्बर के बीच मिलने का समय मांगा है इस बीच पार्टी विधायक सुधांशु शेखर ने आज एक बार फिर दोहराया कि वे एनडीए में ही बने रहेंगे श्री शेखर ने कहा कि जदयू में उनके जाने का सवाल नहीं उठता है पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को होम वर्क से मुक्ति मिल गयी है और दसवीं क्लास के छात्रों के लिए उनके स्कूली बस्ते का बोझ भी कम कर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आज जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि पहली और दूसरी क्लास के छात्रों को होम वर्क नहीं दिया जायेगा सभी राज्यों को स्कूलों में इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है इसके अलावा बच्चों के बस्ते का बोझ अधिकतम डेढ़ किलो होगा तीसरी से पांचवीं तक के कक्षाओं के छात्रों के लिए दो से तीन किलो छठी से सातवीं तक के लिए चार किलो आठवीं से नवीं तक के लिये साढ़े चार किलो और दसवीं क्लास के छात्रों के लिए पांच किलो ग्राम वजन तक स्कूली बस्ते लाने की अनुमति दी गयी है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में पिछले चार वर्षो में द्ग्ध के उत्पादन में अठाईस प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में क्रषि मंत्री ने कहा कि इस अवधि में द्ग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति उनहत्तर ग्राम से बढ़कर तीन सौ छिहत्तर ग्राम हो गया उन्होंने कहा कि पशुधन भूमिहीनों और सीमांत किसानों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करता है इधर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज क्रियन का जन्म दिवस देशभर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस के अवसर पर आज देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आज ही के दिन उन्नीस सौ उनचास ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था

संविधान राष्ट्र के लिए शासन और न्याय व्यवस्था में एक प्रकाश की तरह काम करता है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत को दुनियां का सबसे अच्छा संविधानों में से एक दिया है जिमसें उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित किया और उसे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाया कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए लोगों से संविधान में स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाने और देश में शांति प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने की अपील की संविधान दिवस है उन महान विभूतियों को याद करने का दिन जिन्होंने हमारा संविधान बनाया इन्होंने जिस असाधाराण गति से संविधान का निर्माण किया वो आज भी टाईम मेनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक उदाहरण है यह हमें भी अपने दायित्वों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है संविधान ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया है और संशोधनों के माध्यम से और विकसित हुआ है संविधान ने लोगों को उतना ही सशक्त किया है जितना लोगों ने संविधान को सशक्त किया अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज थाना क्षेत्र के मटियरिया इलाके में दूर्घटनाग्रस्त एक कार से पुलिस ने एक करोड़ इकतीस लाख रूपये बरामद किये हैं जब्त की गयी कार जयकिशन तिवारी नामक व्यक्ति का है उस पर महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भू अधिग्रहण के फर्जी भूधारक बनकर तीन करोड़ रूपये से अधिक की निकासी का आरोप है पुलिस को शक है कि इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था बड़ी संख्या में बरामद नोट गिनने के लिए मजिस्ट्रेट को मशीन मंगवाना पड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेतावनी दी है कि कड़ाई से शराबबंदी नहीं लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को जेल भेजा जायेगा और उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी मुख्यमंत्री ने शराब तस्करों पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गृह विभाग से कड़े प्रावधान लगाने को कहा उन्होंने कहा कि जो नेता शराबबंदी को विफल बता रहे हैं वे शराब माफिया के एजेंट हैं मूजफ्फरपूर विशेष अदालत ने बालिका गृह यौन कांड में गिरफ्तार मध् और चिकित्सक अश्विनी कुमार को चार दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सुपुर्द किया है सीबीआई दोनों की रिमांड मिलने के बाद फिर से कड़ाई से पूछताछ करेगी जांच एजेंसी ने बीस नवम्बर को दोनों को गिरफ्तार किया था मूंगेर जिले के मूफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापूर दियारा से पूलिस ने पांच अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से प्रलिस ने दो राइफल तीन देशी पिस्तौल सतासी कारतूस और तेरह खोखा बरामद किया है वहीं बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गांव से पुलिस ने दो अपराधियों को एक कार्बाइन चार देशी पिस्तौल और कई कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में कुख्यात इनामी अपराधी ने प्रभू यादव उर्फ लंबू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रभु यादव की गिरफ्तारी पर पच्चीस हजार रूपये का इनाम था और वह दर्जनों हत्या अपहरण और लूटकांड में बगहा बेतिया के साथ उत्तर प्रदेश पूलिस को भी उसकी तलाश थी सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के नौतन मोड़ के पास से पूलिस ने एक मोटरसाईकिल से एक सौ तैंतीस बोतल विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है शेखपुरा के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में पिता और उसके दो पूत्र को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड स्थित लग्रवा दासग्राम पंचायत के लग्रवा गांव में अगलगी की घटना में लगभग तीन दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए है प्रलिस सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में सैकड़ों क्विंटल अनाज समेत करीब पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य का समान जलकर नष्ट हो गया है और अब अंत में मुख्य समाचार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू

पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को अब स्कूलों से होम वर्क नहीं दिये जायेंगे